जयराम ठाकुर ददाहू में सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग उपमण्डल का भी शुभारंभ करेंगे

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रता आवश्यक है राजीव बिंदल नाहन में आयोजित एक दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने शिक्षकों से विधार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मेहनत करने का आह्वान किया विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतियोगिता के विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कृत भी किया

इस मौके पर गुरूद्वारा साहिब में सुबह से ही संगतों का तांता शुरू हो गया है श्री गुरू नानक देव जयंती के अवसर पर आज गुरूद्वारों में शबद कीर्तन और अटूट लंगर लगाए जाएंगे इसके अलावा बाहर से आए हजूरी रागी जत्थे मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे

रेडकॉस राज्य रेडक्रॉस समिति की उपाध्यक्ष डॉ साधना ठाक्र ने कहा कि रेडक्रॉस समिति की सहायता के लिए मेलों का आयोजन ग्राम स्तर पर भी किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण परिवेश में अधिक से अधिक लोग रेडक्रॉस समिति के बारे में जागरूक बन सकें

उन्होंने आग्रह किया कि सोलन जिला में रेडक्रॉस समिति अन्य कार्यो के साथ साथ एक कपड़ा बैंक आरंभ करने की दिशा में प्रयासरत हो

बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य आकर्षण ऑगस्टा इंटरनेश्नल कांग्रेस बैंगलोर और सेंटर फॉर साईंस व एनवायरमेंट द्वारा लगाई जाने वाली प्रदर्शनी होगी प्रधानमंत्री रोजगार सुजन प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम के तहत प्रदेश खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बचत भवन चंबा में जिला स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों में मंडी के सरकाघाट में वृद्दा के साथ हुए क्ररतापूर्ण व्यवहार से जुड़ी खबरें प्रमुखता लिए हुए हैं अमर उजाला की सुर्खी है डायन बता कर वृद्धा से क्रूरता पर हाईकोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार से तलब की रिपोर्ट पंजाब केसरी के शब्द हैं बुजुर्ग महिला से क्रूरता पर राज्य सरकार से जवाब तलब दैनिक भास्कर की सुर्खी है हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान राज्य सरकार से हफ्ते में मांगी रिपोर्ट दिव्य हिमाचल के अनुसार वृद्धा के अपमान पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है डायन बता कर महिला के मुंह पर कालिख पोतने की घटना पर हाईकोर्ट सख्त आपका फैसला के अनुसार वृद्ध महिला से क्ररता मामले में एसपी और डीसी मंडी से तलब की रिपोर्ट अमर उजाला की एक ख़बर है हिमाचल में पहली बार गाड़ियों के वीआईपी नम्बरों की होगी ई नीलामी आयुर्वेद घोटाले से जुड़ी ख़बर पर दैनिक जागरण लिखता है सरकार ने विधि विभाग से मांगी राय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

नमस्कार